अपने लेख में श्री मोदी ने बताया कि उनकी सरकार किस प्रकार बापू के सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रही है और क्यों संसार तथा विश्व को महात्मा गांधी की आवश्यकता है इस सम्पादकीय में महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित आदर्शो का जिक्र किया गया है प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा के बारे में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की उस टिप्पणी का उल्लेख किया है जिसमें वे कहते हैं कि और देशों में तो मैं एक पर्यटक की तरह जा सकता हूं लेकिन मैं भारत की यात्रा एक तीर्थयात्री की तरह करूगा श्री मोदी ने लिखा है कि डॉक्टर किंग को भारत के बारे में प्रेरित करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी थे जो महात्मा के साथ एक महान आत्मा भी थे दुनिया से घृणा हिंसा और पीड़ा से मुक्ति के लिए साथ मिलकर काम करने के आह्वान के साथ इस सम्पादकीय को विराम दिया गया है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद तीन सौ सत्तर रद्द करने से आतंकवाद को बड़ा झटका लगा है और राज्य के विकास के रास्ते खुले हैं श्री शाह आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करने के बाद बोल रहे थे

कस्मीर के विकास में जो अक्रोध थे वो सारे अक्रोध हट चुके हैं और मुझे भरोसा है दस साल के अदर हमारा कस्मीर देरा का सबसे विकसित राज्यों की सूची के अंदर आयेगा और आज ये रेलवे के माध्यम से इसकी शुरूआत हुई है इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बहुत बड़ा तोहफा है और इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा श्री शाह ने कहा कि ये हाई स्पीड रेल बंदे भारत रेलगाड़ी माता वैष्णों देवी के दरबार में जाएगी इस अवसर पर रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले कुछ दिनों में देश के साढे छह हजार स्टेशनों में वाई फाई की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी यह रेलगाड़ी शनिवार से चलेगी और इसके लिए आईआरसीटीसी वेबसाइट पर टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है तेज रफ्तार की इस रेलगाड़ी से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा समय में कमी आएगी इस मार्ग पर वैष्णोदेवी जाने के लिए कटरा अंतिम स्टेशन होगा और इस रेलगाड़ी से यह दूरी अब मौजूदा बारह घंटे के स्थान पर आठ घंटे में तय हो जाएगी केन्द्रीय इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि गांधीजी का सशक्तिकरण की शक्ति का सिद्वांत आज भी बहुत प्रासंगिक है और देश के बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वे आज नई दिल्ली में गांधीजी की एक सौ पचासवीं जयंती के सिलसिले में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे श्री प्रसाद ने कहा कि एक साक्षर जागरूक और संतृष्ट नागरिक गांधीवादी दर्शन की इस अवधारणा का प्रतीक है श्री प्रसाद ने इस अवसर पर डिजिटल चरखे का अनावरण किया उत्तरप्रदेश विधानमंडल का छत्तीस घंटे का विशेष सत्र जारी है महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में कल शुरू हुए विधानसभा और विधान परिषद के इस सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के बारे में चर्चा हो रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि यह सत्र आज रात ग्यारह बजे तक चलेगा सदन में मंत्री और सदस्यों को बोलने का समय निर्धारित कर दिया गया है सदस्यगण अपने अपने क्षेत्रों के आधास्मृत मुद्दों और समस्याओं को उता रहे हैं जिन्हें प्रदेश के लिए नीति निर्धारण में शामिल किया जायेगा और ये महात्मा गांधी के समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के सपने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा सदन में गरीबी समाप्त करने स्वास्थ्य और स्वच्छता जलवाय परिवर्तन प्लास्टिक पर प्रतिबंध शिक्षा और उच्च जीवन स्तर जैसे मुद्दों पर संभाषणों ने सदस्यों की बेहद तालियां बटोरी एमएस यादव आकारवाणी समाचार लखनऊ पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के अपने दौरे के दूसरे दिन एक दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में गांधी संकल्प यात्रा में भाग लिया श्रीमती गांधी ने लगभग पन्द्रह किमी की पदयात्रा कर ग्रामीणों को गांधी जी के आदशों का संदेश दिया श्रीमती गांधी ने इस दौरान दुल्लापुर व महाराजगंज में दो बड़ी जनसभाओं को भी संबोधित किया उन्होंने बभनगवा प्राथमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों को नैतिकता की सीख देते हुये कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा पौधे लगा कर इस धरा को हरामरा बनायें

उन्होंने कहा कि इसके लिए मंत्रालय ने कई नये कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं ये आज नई दिल्ली में वृद्वजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के सिलसिले में वरिष्ठ नागरिकों और वृद्वजनों के लिए वाकाथॉन को रवाना करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे